सचिव ने ग् रात और पं ाब को अतिरिक्त टीमों को प्रकोप प्रतिक्रिया में राज्यों की सहायात करने को कहा है राज्यों को े न े ागरण और प्रकोप प्रतिक्रिया बढ़ाने में ि ला कुलैक्टरों को शामिल करने की सलाह दी गई है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों और अन्य प्राथमिकता वाले समूहों के लिये टीकाकरण की भी सिफारिश की है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश विड़ेकर ने कहा है कि शिक्षकों की भूमिका राष्ट्र निर्माण की होती है और उन्हें पूरी लगन और दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहिये आ नई दिल्ली में केन्द्रीय विदयालयों के प्रधानाचार्यो तथा नवोदय विदयालय समिति के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन संत्र को सम्बोधित करते हये श्री ावड़ेकर ने कहा कि शिक्षण का कार्य आनंदमयी होता है उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं लोगों को शिक्षण के काम में आना चाहिए शिनकी पहली पंसद पढ़ाना है उन्होंने कहा कि राष्ट्र लोगों से बनता है और लोगों को शिक्षक बनाते है

हरियाणा के शिक्षामंत्री राम बिलास शर्मा ने कहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में पेश होने वाला बा़ ट किसानों के लिये खास होगा

किसानों की आय बढ़ाने बारे पूछे थाने पर उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार ने कई कदम उठाये है

इनमें से कई खिलाड़ी तो राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर के है

सामाप्रिक न्याया व अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने आप कहा है कि इस बा़ ट में भी ा नता को राहत दी ायेगी और किसान तथा कमेरा वर्ग सहित सभी वर्गो के हितों को धन में रखा आयेगा सिरसा में एक पत्रकारवार्ता में एक सवाल के ाव में उन्होंने कहा कि भा पा हर वक्त च्नाव के लिये तैयार है

चाहे पंचायत च्नाव हो या निगम के च्नाव या र्शेद उप च्नाव भा पा ने अपना परचम लहराया है उन्होंने कहा कि श्रींद उप चूनाव मे मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को हटाने का काम किया है

अभय चौटाला कल अ य चौटाला पर लगाये भ्रष्टाचार के आरापों पर न नायक नता पार्टी के नेता दिग्वि य चौटाला ने कहा कि ो लोग आरोप लगा रहे है वो मानसिक तौर पर हारे हये लोग है उन्होंने कहा कि हमारे रा नीतिक असुल ऊंचे स्तर के है बकि आरोप लगाने वालों की सोच न्यूनतम स्तर की है उन्होने कहा कि उनके पिता ने दादा और परदादा की विरासत को कई सालों तक संभाला और उनकी विचारधारा पर काम किया

बी ेपी और आम आदमी पार्टी के गंठबंधन पूछे ने पर दिग्वि य चौटाला ने कहा कि ो गठबंधन म बूत होता है उसके बारे मे चर्चा होती ही है पंधाब हरियाणा और चंडीगढ़ में आध कई ध्य गह से ओलावृष्टि के साथ बारिश होने और तेज़ हवायें चलने के समाचार मिले है

रोहतक मे दोपहर बाद तेज़ वर्षा होने और कलानौर कस्बे में बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से गह गह पानी भरने की खबर मिली है यम्नानगर के लगभग सभी इलाकों में हलकी ओलावृष्टि दर्प की गई यम्नानगर रादौर ब्डिया आदि इलाकों में तेज़ हवाओं से गेहं की अगेती फसल गिर गई है मौसम विभाग के अुन्सार कल भी कई ा गह पर हल्की से मध्यम वर्षा का अन्मान है विभाग ने पंध ाब हरियाणा में कई भ गह नौ और दस फरवरी को घनी ध्ंध छाने की भविष्यवाणी भी की है

ग्रुग्राम में राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकृद प्रतियोगिता श्रू हो गई है हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह ने आ ग्रुग्राम के प्रतियोगिता का विधिवत श्भारंभ किया इस अवसर पर अपने विचार रखते हए राव नरबीर सिंह ने कहा कि खेल प्रतियोगिता करवाना श्रम विभाग का सराहनीय कदम है और इससे श्रमिकों की काम करने की क्षमता में ब ोतरी होने के साथ साथ उनमें टीम भावना से काम करने के ग्ण विकसित होंगे उन्होंने कहा कि खेलों से हमें टीम भावना से काम करने की प्रेरणा मिलती है